मुगल गार्डन में इस वर्ष आध्यातमिक उद्यान जड़ी बूटी और बोनसाई संगीतमय उद्यान के साथट्यूलिप और विदेशी फूलों के अलावा बल्बनुमा फूल उद्यानोत्सव का मुख्य आकर्षण हैं

इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ँ रखी गई है जयपुर के जवाहर सर्किल पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिये इस अवसर पर जयपुर शहर में यातायात के दबाव को कम करने पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा के संदेश के साथ साईकिल रैली का भी आयोजन किया गया सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ द्वारा नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी

शासन सचिव खाद्य मुग्धा सिन्हा ने यह जानकारी कल जयपुर में दी उन्होंने कहा कि इसके लिये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबद्ध सेवाओं का उपयोग कर राशन डीलर को सहमति के आधार पर इससे जोड़ने पर विचार किया जा रहा है कल राज्य के सभी जिलों के राशन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आने वाला समय सेवा प्रदाताओं का समय है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बैठे कार्य हो इस मौके पर किस प्रकार सेवाओं की सुविधायं उपलब्य कराई जा सकती हैं को डेमो के माध्यम से दिखाया गया जिसमें राशन डीलर पोस मशीन के द्वारा ही एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सेवाएं दे सकता है

उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश मे बिना किसी देरी के बेरोकटोक उद्योग लगाए जा सकेंगे उद्योग मंत्री ने कल जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने प्रदेश में विपुल खनिज संपदा की चर्चा करते हुए स्टोन के आयात निर्यात के अंतर को कम करने पर जोर दिया उन्होंने बताया कि देश में बड़ी मात्रा में स्टोन का आयात हो रहा है जिसे कम करना होगा उन्होंने स्टोन उद्योग को हर संभव बढ़ावा देने का विश्वास दिलाया श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर निवेशोन्मुखी और रोजगारोन्मुखी औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा और उद्योगों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता से हल खोजा जाएगा

इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर समुचित कार्रवाई के लिए सरकारों पर दबाव बना कर घातक रोग से होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाना है कैंसर दिवस पर पूरी दुनिया में रैलियों संगोष्ठियों और जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है कैंसर से प्रतिवर्ष नब्बे लाख साठ हजार से अधिक लोगों की मौत होती है

इसके तहत स्कलों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वाईन फ्ल के बारे में जानकारी देने के साथ आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जायेगी

गौरतलब है कि पिछले दिनों क्छ लोगों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस के अवसर पर उनका प्रतला बनाकर उनके साथ अशोभनीय और हिंसक व्यवहार किया था

तीन करोड़ से अधिक लोगों के आज गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने का अनुमान है मेला प्रशासन के अनुसार डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्वालु स्नान के लिए पहुंच चुके हैं विभिन्न अखाड़ों द्वारा शाही स्नान की प्रक्रिया दोपहर बाद तक जारी रहेगी प्रदेश के पवित्र सरोवरों में भी श्रद्वालू स्नान कर दानपुण्य कर रहे है झालरापाटन की पवित्र चन्द्रभागा नदी में श्रद्वालूओं ने स्नान कर दान पुण्य किया बीकानेर के श्रीकोलायत में कपिल मुनि सरोवर मे स्नान के लिये श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि न्यायालय के आदेश की पालना के तहत केन्द्रों का नाम बदलकर फिर राजीव गांधी सेवा केन्द्र कर दिया जायेगा